सहायक आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि जयराम ठाकुर लोक निर्माण विभाग के कार्यों का जायजा लेने के लिए भी अधिकारियों की बैठक लेंगे

पूर्वाभ्यास एक ऐसा आवश्यक कार्यक्रम है जिसमें कृत्रिम टीकाकरण प्रकिया के माध्यम से लाभार्थियों को वैक्सीन के नमूने दिए जाएंगे इसका उद्देश्य वैक्सीन शुरू करने की तैयारियों की जांच करना है

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग तीन स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करेगा इसके लिए शिमला के दीन दयाल उपाध्याय तेंजिन अस्पताल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसुम्पटी को चयनित किया गया है पंचायत चुनाव प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन हैं

नेरचौक मेडिकल कॉलेज से कल इन जवानों की कोविड रिपोर्ट जारी हुई है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं और कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा का समाचार है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में सुबह के समय हल्की वर्षा हुई जिससे ठंड में इजाफा हुआ है निचले मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा पड़ने से लोगों को जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने आज मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ भागों में वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है जबकि अन्य इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल बोर्ड की परीक्षाएं भी चार मई से सरकार ने जारी किया शेड्यूल

दिव्य हिमाचल का कहना है कोरोना के बीच राजस्व जुटाने में हिमाचल आगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के हवाले से आपका फैसला लिखता है सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां की जांच करवाई जाए पंजाब केसरी की एक खबर है नए साल में अफसरशाही को पदोन्नति का तोहफा हिमाचल के भूमिगत पानी में चार गुना अधिक यूरेनियम अमर उजाला की सुर्खी है मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है आज से मध्यम उंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज

नमस्कार